वाराणसी और दिल्ली के बीच शीघ्र ही शुरू होगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वन्दे भारत एक्सप्रेस

कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा

उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कन्यों पर लेने का अवसर आ गया है मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उन्नीस सौ बयालिस में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था सुभाषबाव्र का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे दिस इज सुभाष चन्द्र बोस स्पीकिंग दू यू ओवर द आजाद हिन्द रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मार्ना एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने ही मिशन पिछले चार वर्षो में सफलतापूर्वक पूरे किए गए उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चन्द्रयान द्वितीय मिशन के तहत चन्द्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा

ओड़िशा में यूनिवर्सिटी के विद्याथियों द्वारा बनाए गए साजन्डिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं

श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माईइज्ज्तघर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया श्री मोदी ने हाल ही में दिवंगत हुए कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के प्रमुख श्री श्री श्री श्री शिव कुमार स्वामीजी को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने संत रविदास का विशेष रूप से स्मरण किया जिनकी जयंती उन्नीस फरवरी को मनाई जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले के परिसर में क्रांति मंदिर नामक एक संग्रहालय खोला गया है जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज जलियांवाला बाग तथा अट्ठारह सौ सत्तावन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला चौथा भारत पर्व परसों शाम दिल्ली के लाल किले पर शुरू हुआ यह पर्व इकत्तीस जनवरी तक चलेगा पर्यटन मंत्री ने बताया कि पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोहों के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशमक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और देश की समृद्व सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है भारत पर्व प्रतिदिन दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा इसमें प्रवेश निःशुल्क है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन अट्ठारह का नाम वन्दे भारत एक्सप्रेस घोषित किया है उन्होंने कहा कि यह ट्रेन मेड इन इण्डिया स्तर की है और नये भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यह एक वन्दनीय कदम है वाराणसी और दिल्ली के बीच शीघ्र चलने वाली इस ट्रेन का निर्माण मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत इन्ट्रीगल कोच फैक्टरी द्वारा मात्र अट्ठारह महीने में किया गया है यह ट्रेन वाराणसी से दिल्ली का सफ़र मात्र आठ घंटे में तय कर लेगी गति और सुविधा की दृष्टि से राजधानी रेल सेवा के बाद वन्दे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल का एक बड़ा कदम है यह ट्रेन अधिकतम एक सौ साठ किलोमीटर की गति से दौड़ सकती है यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपर के जिला महिला अस्पताल में सौ बेड के मैटरनिटी विंग एयरफोर्स स्टेशन के पास बने र्सो बेड की टीबी व सामान्य अस्पताल और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बने मिनी पीडियाट्रिक यूनिट का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दस से अट्ठाईस जनवरी तक अभियान चलाकर मात शिश् कल्याण और स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधा दिलायी जायेगी यह अभियान दो चरणों में चलाया जायेगा इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान उन्हें उपहार में मिली यादगार वस्तुओं तथा तोहफों की नीलामी के लिए बोली लगाने की दो दिन की प्रक्रिया कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में शुरू हुई इन वस्तुओं में पेंटिंग मूर्तिशिल्प शॉल और जैकेट शामिल हैं इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग नमामि गंगे कार्यक्रम में किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित की गई बोली प्रक्रिया कल दोपहर बारह बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चली ई ऑक्शन के जरिए बोली लगाने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी और बृहस्पतिवार को संपन्न होगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा करने के बाद कहा है कि इस कदम से नमामि गंगे परियोजना को बढ़ावा मिलेगा इस बार की जो तोषाखाना में अभी तक चीजें इकट्टी हुई हैं इसमें भी जो पैसा राशि आएगी नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूर्ण को रूप से शत प्रतिशत दी जाएगी और उससे नमामि गंगे प्रोजेक्ट को और तेज गति देने में लाभ होगा प्रयागराज में इस वर्ष के कुंभ मेले में कई गैर पारंपरिक शिविरों में सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यानाकर्षण किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि सक्षम बैनर के तले कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ में लोगों को स्वैच्छिक नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कम मेले में निशल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों के माध्यम से नेत्रदान महादान के संकल्प को बढावा दिया जा रहा है देश भर से आये श्रद्वालु पर्यटक और कल्पवासियों को इसका लाभ मिल रहा है एक कल्पवासी ने बताया मैं डॉक्टर शिवमूर्ति त्रिपाठी यहां कल्पवास में हूं इस समय एक महीने के लिए और नेत्र शिविर में मैं यहां चस्मा लगवाने आया था और एक घंटे के अंदर लगभग सारी चैकिंग भी हो गई चश्मा भी मिल गया नेत्र कुंभ के आयोजक और एनजीओ सक्षम के महासचिव कमलाकांत पांडेय ने आकाशवाणी को बताया चिकित्सालयों में किस प्रकार से तुरंत द्रांसप्तांट हो हमारा यहां निशुल्क उनको हम कोर्निया लगाने का प्रयास कर रहे

इस बार का आधुनिक कुंम विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपने मानव कल्याण के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है